वित्त आयोग राशि आवंटन राज्य सरकार ने सभी ग्राम जनपद और जिला पंचायतों को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि आवंटित कर दी है केन्द्र सरकार ने हाल ही में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए तीन सौ तिरसठ करोड पचास लाख रूपये की राशि जारी की थी प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी कर ग्राम और जनपद पंचायतों के बैंक खातों में तत्काल राशि अंतरित करने के निर्देश दिए हैं पंद्रहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को नब्बे तथा जनपद और जिला पंचायतों को पांच पांच प्रतिशत राशि वितरित की जाएगी कोरोना मरीज प्रदेश में आज शाम तक कोरोना संक्रमित पैंतीस नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें तेरह मरीज राजधानी रायपुर के हैं वहीं जगदलपुर से दस बिलासपुर से नौ और दंतेवाड़ा से तीन मरीज मिले हैं राजधानी रायपुर में मिले तेरह कोरोना मरीजों में एम्स के मेडिकल स्टोर का कर्मचारी और एक सिविल इंजीनियर शामिल है इसके अलावा विदेश से लौटा एक छात्र और दिल्ली से लौटी एक युवती भी कोरोना संक्रमित पाई गई है वहीं एम्स से आज नौ मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई तथा ग्यारह नये मरीजों को भर्ती किया गया उधर बस्तर जिले के दरभा विकासखंड मुख्यालय में स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में आज दस प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है इन सभी मरीजों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती कराया गया है इन प्रवासी मजदूरों में सात हैदराबाद और तीन मजदूर चेन्नई से लौटे हैं बिलासपुर जिले से आज शाम नौ कोरोना मरीज मिले हैं जिनमें से आठ मस्तूरी ब्लॉक और एक बिल्हा का मरीज शामिल हैं वहीं कल रात बेमेतरा में नौ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए ये सभी बेरला ब्लॉक के हैं सभी लोग क्वारेंटाइन अवधि पूरा कर चुके थे इसी तरह रायगढ़ के अस्पताल में छह दिन पहले भर्ती हुए मोनेट के एक अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई है इसके चलते अस्पताल के डॉक्टर होम क्वारेंटाइन में चले गए हैं वहीं स्टाफ को भी हॉस्टल और घरों में क्वारेंटाइन में रखा गया है इधर दुर्ग में आज से कोरोना की स्क्रीनिंग और कंफर्मेट्री जांच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्वीकृति के बाद जिला अस्पताल में शुरू कर दी गई है इसके लिए अस्पताल की बायोसेफ्टी लेवल दू प्रयोगशाला में ट्र नॉट की दो मशीनें लगाई गई है जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस विधि से एक घंटे में ही जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और प्रतिदिन पचास सैंपलों की रिपोर्ट मिल सकेगी सरोज पांडेय बातचीत भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने आज भिलाई रिसाली में डीपीएस चौक पर विश्व स्तरीय गार्डन का भूमिपूजन किया इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुश्री पांडेय ने कहा कि कोरोना काल में पूरे देश में यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सार्थक कार्य किया है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कहा कि वर्चुअल रैली के माध्यम से हो या प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं बनानी हों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सक्रियता के साथ जरूरतमंदों की सहायता की है राज्यपाल मुलाकात राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के छत्तीसगढ़ के राज्य कार्यालय के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएस त्रिभुवन ने सौजन्य मुलाकात की इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरूआत की है उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि युवा स्व रोजगार से जुड़े इससे वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े होंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं भी स्व सहायता समूह बनाकर स्वयं का उद्यम शुरू कर सकती हैं इससे महिलाएं जागरूक और सशक्त होंगी इस अवसर पर राज्यपाल ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशिका का विमोचन भी किया प्रसार भारती उपासने अध्यक्ष माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जगदीश उपासने को प्रसार भारती ब्रॉडकॉस्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गौरतलब है कि प्रसार भारती ने अपना पहला भर्ती बोर्ड स्थापित किया है यह बोर्ड केन्द्र सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है प्रसार भारती की सेवानिवृत्त एडीजी प्रोग्राम दीपा चंद्रा सेवानिवृत्त एडीजी इंजीनियरिंग पीएन भाक्ता के अलावा किमब्योंग किपगेन और चेतन प्रकाश जैन इसके अन्य सदस्य होंगे कोल कंपनी हड़ताल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल की सभी कोयला खदानों में आज से संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले कोयला कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं इस दौरान कोरबा के पास स्थित कुसमुंडा खदान में कर्मचारियों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच झड़प होने की खबर है ये कर्मचारी कमर्शियल माईनिंग वाणिज्यिक खनन के माध्यम से अनुमति दिए जाने वाली कोयला खनन नीति पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं आज से शुरू तीन दिवसीय इस हड़ताल में एटक सीटू इंटक सहित विभिन्न कर्मचारी संगठन शामिल हैं हड़ताल के पहले दिन आज कोरबा और चिरमिरी क्षेत्र की खदानों में उत्पादन और परिवहन प्रभावित हुआ है एसईसीएल प्रबंधन द्वारा श्रम संगठनों और मजदूरों से हड़ताल पर नहीं जाने का अनुरोध किया गया है माओवादी हत्या बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में माओवादियों ने बीती रात एक सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फरसेगढ़ में पदस्थ सहायक आरक्षक सोमारू पोयाम छुट्टी में अपने घर ग्राम माटवाड़ा गया हुआ था जहां बीती रात माओवादियों ने गांव में ही तीर और टंगिये से हमला कर उसकी हत्या कर दी इस घटना में आरक्षक की मां और पिता घायल हो गए हैं उधर माओवादियों के शहरी नेटवर्क के मामले मे फरार आरोपी वरूण जैन ने आज राजनांदगांव पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कांकेर पुलिस ने वरूण जैन पर दस हजार रूपये का इनाम घोषित किया था

साथ ही महिला हेल्पलाइन एक आठ एक और सखी सेंटरों के कामकाज को भी समन्वित किया जाएगा जिससे अधिक प्रभावी तरीके से महिलाओं को सहायता पहुंचाई जा सके इसके लिए महिला और बाल विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना ने राजधानी के कालीबाड़ी स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए टेली मेडिसिन हब प्रदेश के सभी विशेषीकृत कोविड और अन्य अस्पतालों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग तथा टेली मेडिसिन के माध्यम से उपचार संबंधी परामर्श देने रायपुर के मेकाहारा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेली मेडिसिन हब स्थापित किया गया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज प्रदेश के पहले इस टेली मेडिसिन हब का उद्घाटन किया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में यह टेली मेडिसिन सेवा मील का पत्थर साबित होगी स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्थापित इस स्टेट टेली कंसल्टेशन हब के माध्यम से राज्य के सभी अस्पताल और हेल्थ एंड वेलनेंस सेंटर आपस में इंटरनेट के जरिये जुड़े रहकर चिकित्सा विशेषज्ञों से उपचार से संबंधित ऑनलाइन परामर्श ले सकेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा लोक सेवा और सामान्य सेवा केन्द्रों से करा सकते हैं इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा कल एक जुलाई से फसलों का बीमा कराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है राजनांदगांव जिले में किसानों के लिए यह सुविधा एक हजार से अधिक सेंटरों में शुरू की गई है जिले के लिए एग्रीकल्वर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है इस योजना के तहत ऋणी और अऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा आगामी पंद्रह जुलाई तक करा सकेंगे बायोटेक किसान हब किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विष्वविद्यालय रायपुर द्वारा कांकेर में बायोटेक किसान हब की स्थापना की गई है बायोटेक किसान हब के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कांकेर जिले के ग्राम खैरखेड़ा कापसी दूराखार पुसवाड़ा और चोरिया में किसानों को फसल बोवाई की उन्नत विधि जैविक विधि और तकनीकी मार्गदर्षन के साथ साथ सुडोमोनास से बीजोपचार इत्यादि का प्रदर्षन किया जा रहा है मनरेगा कबीरधाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में कबीरधाम जिला प्रदेश में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में अब तक सर्वाधिक परिवारों को सौ दिनों का रोजगार देने में पहले स्थान पर है जहां पूरे राज्य में पिछले माह तक लगभग छप्पन हजार परिवारों को सौ दिनों का रोजगार दिया गया है उसमें अकेले कबीरधाम जिले में छह हजार से अधिक परिवारों को सौ दिन का रोजगार दिया गया है कबीरधाम के बाद बिलासपुर दूसरे और राजनांदगांव तीसरे स्थान पर है रेलवे रिफंड दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आरक्षण केन्द्रों से बीते बाईस मई से तीस जून तक आरक्षित टिकट बुकिंग के दौरान तीन लाख तीन हजार से अधिक यात्रियों ने टिकट रद्द कराए जिसके एवज में यात्रियों को उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख रूपये से अधिक के रिफंड दिए गए इसी तरह ऑनलाइन और ई टिकट से छब्बीस हजार से अधिक यात्रियों ने टिकट रद्द कराए जिन्हें एक करोड़ अठासी लाख रूपये से अधिक की राशि वापस की गई इस बीच नई दिल्ली से बिलासपुर तक चलने वाली राजधानी स्पेशल ट्रेन के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है इसके तहत आगामी चार जुलाई से नई दिल्ली से रवाना होने वाली यह ट्रेन रायपुर स्टेशन पर दस बजकर बीस मिनट की जगह दस बजकर पांच मिनट पर पहुंचेगी रायपुर से यह ट्रेन दस बजकर पंद्रह मिनट पर रवाना होगी इसी तरह यह राजधानी स्पेशल ट्रेन छह जुलाई से बिलासपुर से दो बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होगी पहले यह ट्रेन दो बजकर चालीस मिनट पर रवाना होती थी यह ट्रेन तीन बजकर तीस मिनट पर रायपुर पहुंचेगी जहां से तीन बजकर चालीस मिनट पर नई दिल्ली के लिए रवाना होगी अवैध रेत परिवहन जांजगीर चांपा जिले के अमोदा रेत घाट के पास कल देर रात रेत से भरे हाईवा ने जांजगीर एसडीएम की गाड़ी को ठोकर मार दी इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है गाड़ी को तहसीलदार प्रकाश साहू चला रहे थे मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायत पर अपने वाहन से रेत घाट की ओर जा रही जांजगीर की एसडीएम मेनका प्रधान और तहसीलदार प्रकाश साहू की गाड़ी को एक हाईवा ने अचानक टक्कर मार दी इसके बाद चालक हाईवा को वहां से लेकर फरार हो गया इस दौरान रेत घाट में अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे नौ ट्रैक्टर चार हाईवा और एक जेसीबी को जब्त किया गया वहीं बलौदा क्षेत्र में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम द्वारा अवैध रेत परिवहन करते छह वाहनों को जब्त किया गया हादसा बलरामपुर जिले में आज हुए सड़क हादसे एक दंपत्ति की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार जिले के रामानुजगंज थाना के तहत एक दंपत्ति मोटरसाइकिल से महाराजगंज की ओर जा रहे थे इस दौरान आरागाही के पास हाईवा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी इस हादसे में मौके पर ही दंपत्ति की मौत हो गई पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है

इसके तहत पशुओं का उपचार करने के अलावा पशुपालकों को मवेशियों को अपने घर और गौठानों में ही रखने की समझाइश दी गई गौरतलब है कि पशुधन विकास विभाग द्वारा रोका छेका अभियान के तहत पिछले महीने जिले के एक सौ तेरह गौठानों में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया शिविरों में करीब सैंतीस हजार पशुओं का उपचार और टीकाकरण किया गया साथ ही औषधि वितरण कृत्रिम गर्भाधान बधियाकरण और कृमिनाशक की दवाई दी गई भाजय्मो आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल तीन जुलाई को प्रदेश सरकार की कथित वादाखिलाफी के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि कल तीन जुलाई को दोपहर तीन बजे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तीन की संख्या में कार्यकर्ता और युवा जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों में सरकार का पुतला जलाएंगे और इसका सोशल मीडिया फेसबुक ट्वीटर यू ट्यूब पर सीधा प्रसारण करेंगे मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण तटीय ओडिशा और पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा उसके आसपास ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है साथ ही पूर्वी उत्तरप्रदेश से विदर्भ और पूर्वी मध्यप्रदेश होते हुए एक द्रोणिका भी बनी हई है जिसके असर से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है

कलेक्टोरेट परिसर के समीप बनाए गए इस ऑक्सीजोन में पचहत्तर प्रजातियों के चार हजार से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग ने बीते इक्कीस जून को इंडिगो के विमान से नई दिल्ली से रायपुर लौटने वाले यात्रियों से क्वारेंटाइन में रहने की अपील की है इसं विमान में यात्रा करने वाला एक यात्री कोरोना पॉजीटिव पाया गया है प्रदेश के बीस आयकर अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं इनमें रायपुर बिलासपुर और दुर्ग जिले के अधिकारी शामिल हैं नवा रायपुर में ग्राम राखी के सेक्टर पच्चीस में स्थापित जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र का एक्सटेंशन काउंटर अब सभी कार्य दिवस में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक संचालित होगा हरियर छत्तीसगढ योजना के तहत मुंगेली में आज जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोन् चंद्राकर ने डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में वृक्षारोपण कर हरियर छत्तीसगढ़ अभियान की शुरूआत की

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है

इस मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है राजनांदगांव जिले के खुज्जी वन परिक्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगली सुअर का शिकार करने वाले गिरोह के छह और लोगों को गिरफ्तार किया है इससे पहले बीते छब्बीस जून को दो लोगों को पकडा गया था